भिलाई इस्पात संयंत्र में हुए हादसे के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारीएम रवि को हटाया गया दो वरिष्ठ अधिकारी भी निलंबित विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की पुलिस माओवादियों के खिलाफ चलाएंगे संयुक्त ऑपरेशन रायपुर में दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों के बीच हुई संयुक्त बैठक में लिया गया निर्णय

केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ भिलाई के सेक्टर नौ स्थित अस्पताल का दौरा किया जहां उन्होंने कल के हादसे में घायल श्रमिकों की उपचार व्यवस्था की जानकारी ली पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग से विशेष अनुमति ली गई है उन्होंने बताया कि मृतक श्रमिकों के लिए अनुग्रह राशि पच्चीस लाख से बढ़ाकर तीस लाख रूपये कर दी गई है गंभीर घायल श्रमिकों के लिए अनुग्रह राशि देस लाख से बढ़ाकर पंद्रह लाख रूपये और सामान्य घायलों के लिए दो लाख रूपये होगी उन्होंने यह भी बताया कि मृतक के परिवार अगर चाहें तो अपने दिवंगत सदस्य की सेवानिवृत्त की अवधि तक उन्हें वेतन भी दिया जाता रहेगा यदि वे चाहेंगे तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था भी की जाएगी चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि मृतकों के परिवारों को तैंतीस लाख से लेकर पंचानवे लाख रूपये तक की राशि मिलेगी हादसे में स्थायी अपंगता के शिकार होने पर उस श्रमिक परिवार के एक सदस्य के लिए भी रोजगार की समुचित व्यवस्था की जाएगी

इनमें एक भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल की आंतरिक समिति है जिसका गठन किया जा चुका है यह समिति सात दिन में अपनी रिपोर्ट देगी दूसरी समिति इस्पात मंत्रालय के सचिव द्वारा गठित की जाएगी दोनों समितियों में विशेषज्ञों को भी रखा जाएगा केंद्रीय इस्पात मंत्री ने बताया कि हादसे की गंभीरता को देखते हुए भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ एम रवि को हटा दिया गया है आज ही उनके स्थान पर नई नियुक्ति कर दी जाएगी उन्होंने बताया कि इनके अलावा दो वरिष्ठ अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है जिनमें महाप्रबंधक सुरक्षा और उप महाप्रबंधक ऊर्जा शामिल हैं इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह घटना अत्यंत गंभीर और दुखद है केंद्र और राज्य दोनों की संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है मुख्यमंत्री ने घायल श्रमिकों के जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए उनके इलाज में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया इस मौके पर केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय भी मौजूद थे गौरतलब है कि कल भिलाई इस्पात संयंत्र के कोक ओवन बैटरी कॉम्पलेक्स नंबर ग्यारह में सुधार कार्य के दौरान विस्फोट होने से बारह कर्मचारियों की मौत हो गई थी पुलिस बैठक विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की पुलिस खुफिया जानकारी साझा कर माओवादियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन चलाएंगे आज राजधानी रायपुर में दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों के बीच हुई संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों के बीच हई बैठक में च्नाव के दौरान माओवादियों से कैसे निपटा जाए इस पर चर्चा हई बैठक में दोनों राज्यों के बीच तालमेल बनाकर माओवादी घटनाओं को रोकने पर जोर दिया गया बैठक में तेलंगाना के डीजी महेन्द्र रेड्डी के अलावा माओवाद प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे प्रधानमंत्री संवाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य लोगों के कल्याण के लिए काम करना है आज शाम रायपुर सहित देश के अन्य संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिये बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि तमाम विरोधों के बावजूद पार्टी समाज सेवा का काम जारी रखेगी राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय से बूथ कार्यकर्ताओं ने भी श्री मोदी से सवाल पूछे बूथ कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूं मैं भी काम करता हूं आप सब का आशीर्वाद ही मेरी ताकत है उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सौ तीस करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद है यही मेरी ऊर्जा मेरा सामर्थ्य और संकल्प है

उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ पोस्टल बैलेट सेवा मतदाताओं को जारी किए जाएंगे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है सिविजिल सुविधा समाधान सुगम सभी मोबाइल ऐप अधिसूचना जारी करने के दिनांक से क्रियाशील हो जाएगा उन्होंने बताया कि इस चुनाव में ईव्हीएम मशीन के साथ पहली बार पूरे राज्य में वीवीपैट का उपयोग किया जाएगा श्री साहू ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है राज्य में मतदाता को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है निर्वाचन आयोग कार्रवाई विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाईयां तेज कर दी है आयोग ने अब तक शासकीय और निजी परिसर में लगी तीन लाख रूपये से अधिक की प्रचार सामग्री हटा दी है यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने दी उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई पिछले तीन दिनों से जारी है निर्वाचन आयोग रैली धरना विधानसभा चुनाव के तहत रैली सभा और धरना आदि के लिए प्रत्याशी और राजनीतिक दलों को रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसवराजू एस ने कहा है कि निर्वाचन से संबंधित लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों रैली सभा और धरना आदि के लिए संबंधित विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारियों को अधिकृत किया गया है उन्होंने कहा कि अनुमति के लिए आवेदन कलेक्टोरेट में जमा किए जा सकते हैं अनुमति के लिए आवेदन कम से कम चौबीस घंटे पहले देना होगा आप उम्मीदवार घोषणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारी गोपाल राय तथा सांसद संजय सिंह ने आज एक पत्रकारवार्ता में घोषणा की कि कोमल हपेंडी आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे उन्होंने बताया कि श्री हपेंडी भानुप्रतापपुर से चुनाव लडेंगे इस मौके पर पार्टी ने आठ विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान किया है जिनमें तीन विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों में फेरबदल किया गया है

पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इसी दौरान चिंतलनार के जंगलों में इन माओवादियों को पकड़ा गया गिरफ्तार माओवादियों पर कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है वहीं इसी जिले में सुरक्षा बलों ने सात किलो का आईईडी बरामद किया है मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की टीम सर्चिंग के लिए निकली थी तभी दोरनापाल के पास जगरगुंडा और देवरपल्ली के बीच आईईडी बरामद किया गया जिसे मौके पर ही बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया

आज से लेकर नौ दिनों तक श्रद्वा भक्ति और उल्लासमय वातावरण से राजधानी रायपुर सहित पूरा प्रदेश सरोबार रहेगा शहर और ग्रामीण इलाकों में समितियों द्वारा ढ़ोल नगाडे और बाजे गाजे के बीच मां दुर्गा की प्रतिमाओं को पंडालो में स्थापित करने का सिलसिला शुरू हो चुका है मां भगवती की स्थापना के लिए पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है घट स्थापना के साथ ही मनोकामना ज्योतिकलश भी प्रज्जवलित किए गए हैं प्रदेश की प्रमुख शक्तिपीठों दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी रतनपुर और रायपुर स्थित महामाया मंदिर और डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी के मंदिर में श्रद्वा का सैलाब उमडने लगा है वहीं नवरात्र पर्व के लिए डोंगरगढ़ में विशेष व्यवस्था की गई है मां बम्लेश्वरी के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों के लिए प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से पंडाल लगाए गए हैं